मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कल्लू में अपने दौरे के दौरान ये घोषणा की मण्डी संसदीय क्षेत्र के पार्टी के अभ्यास वर्ग में भाग लेने के लिए कुल्लू पहुंचे मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पैट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में आए उछाल को रोकने के लिए केन्द्र और राज्य सरकार ने मिलकर जनता को राहत पहुंचाई है

उन्होंने कहा कि बीते दिनों बारिश के चलते कुल्लू में काफी नुकसान हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय कल्लू दशहरे को देखते हुए राष्ट्रीय मार्ग को जल्द ठीक किया जा रहा है इस शिविर में वनमंत्री गोविंद ठाकुर सांसद रामस्वरूप शर्मा और भाजपा विधायक सुरेन्द्र शौरी व किशोरी लाल भी मौजूद रहे लक्ष्य राष्ट्रीय प्रसूति कक्ष गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम लक्ष्य राज्य सरकार प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों जिला अस्पतालों और प्रथम रैफरल इकाईयों में प्रभाव ढंग से लागू करेगी ये जानकारी स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव आरडी धीमान ने शिमला में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा आयोजित एक कार्यशाला के दौरान दी

धीमान ने कहा कि लक्ष्य कार्यक्रम के माध्यम से हर माँ और उसके नवजात बच्चे की उचित देखभाल सुनिश्चित की जाएगी कार्यशाला के दौरान राज्य की एक पहल सुरक्षा पर भी एक रिपोर्ट जारी की गई

इस सम्मेलन में जीरो बजट प्राकृतिक कृषि के जनक पदमश्री सुभाष पालेकर मुख्य वक्ता होंगे सम्मेलन में हिमाचल छत्तीसगढ़ और पंजाब के राज्यपालों सहित देश के सभी कृषि विश्व विद्यालयों के कुलपति व कृषि वैज्ञानिक जीरों बजट प्राकृतिक कृषि का रहस्य जानेंगे धुमल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के मोहीं में स्थानीय लोगों के साथ बैठक की और उनकी समस्याए सुनीं

उन्होंने कहा कि विरोधी हमेशा भाजपा के विरूद्व दुष्प्रचार कर लोगों को गुमराह करने की राजनीति करते हैं ध्मल ने कहा कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो देश के हर वर्ग हर समुदाय और हर धर्म का सम्मान करती है इस बीच समीरपुर में मुख्य अध्यापक प्रधानाचार्य अधिकारी सम्वर्ग संघ के एक प्रतिनिधिमण्डल ने पूर्व मुख्यमंत्री को एक मांग पत्र सौंपा संघ की लम्बित मांगों को जल्द पूरा करवाने का प्रतिनिधिमण्डल ने आग्रह किया

आकाशवाणी शिमला द्वारा गेयटी थियेटर में आयोजित संगीत सम्मेलन में प्रख्यात शास्त्रीय गायक सुहास व्यास ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा और देश की एकमात्र महिला संतूर वादक श्रृति अधिकारी ने मनमोहक प्रस्तुति दी इसके अलावा ओमकार नाथ गुलवाड़ी और मिथिलेश झा ने तबले पर जबकि परोमिता मुखर्जी ने हारमोनियम पर संगत दी इस दौरान गेयटी थियेटर में आकाशवाणी अभिलेखागार से संगीत के दुर्लभ संकलन की सीडी बिक्री के लिए रखी गई थी

हालांकि उदयपुर उपमण्डल के अधिकतर हिस्सों में बिजली बहाल कर दी गई है बिजली विभाग के सहायक अभियन्ता प्रेम ने बताया कि आगामी तीन चार दिन में केलंग में जबकि पूरी लाहौल घाटी में एक सप्ताह में बिजली बहाल कर दी जाएगी केलंग से हमारे प्रतिनिधि के मुताबिक लाहौल घाटी में जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा है और बर्फ हटाकर अधिकतर सड़कें बहाल कर दी गई हैं